प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पारदर्शी तरीके से योजनाओं के कार्यान्वयन से एक लाख दस हजार करोड़ रूपये के सार्वजनिक धन की बचत हुई है प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे साउंड बाईट पहले की सरकारों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें हमारे देश में करीब करीब आठ करोड़ लोग ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर थे अब ये सुनिश्चित हुआ है कि केन्द्र सरकार दिल्ली से एक रूपया भेजती है तो सौ के सौ पैसे पूरे गरीब के खाते में सीधे जाते हैं श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बिचौलियों की संस्कृति को खत्म कर भ्रष्टाचार पर चोट की है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान किसानों मजदूरों और समाज के हाशिये के लोगों के लिये कुछ भी नहीं सोचा गया आतंकवाद की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खात्मे के लिये प्रतिबद्ध हैं और इसमें उन्हें देश के सवा सौ करोड़ लोगों का साथ मिल रहा है उच्चतम न्यायालय ने आज राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को आपसी सहमति के जरिए सुलझाने के मुद्दे पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि न्यायालय मामले की गंभीरता को समझता है वह यह भी समझता है कि इस मामले में मध्यस्थता का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा न्यायालय ने कहा कि यह सिर्फ संपत्ति का नहीं बल्कि देश की भावनाओं और विश्वास का भी मामला है संविधान पीठ ने संबंधित पक्षों से कहा कि वे इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास करें क्योंकि यह मामला लोगों की आहत भावनाओं को राहत पहुंचाने से भी जूड़ा है शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष दो हजार दस के फैसले के खिलाफ दायर चौदह याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाए सीतामढ़ी में पुलिस हिरासत में लिये गये दो आरोपियों की इलाज के दौरान मौत हो गयी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार वीर धीरेन्द्र ने बताया कि कल इन दोनों आरोपियों को रून्नी सैदपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था उन्होंने कहा कि मौत के कारणों की जांच करायी जायेगी इधर मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस पिटायी के कारण दोनों की मौत हुई है समस्तीपूर जिले के नगर थाना में पदस्थापित उन्नीस महिला सिपाही को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि निलंबित महिला पुलिसकर्मी शिवरात्रि के दौरान अपनी ड्यूटी से गायब पायी गयी थीं मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर आज पूलिस महानिदेशक गूप्तेश्वर पांडेय को कड़ी फटकार लगायी श्री कुमार ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डीजीपी अपने बयान को लेकर मीडिया में काफी सुर्खियों में हैं उन्होंने कहा कि पुलिस को अपने काम से पहचान बनानी चाहिए मीडिया की तारीफ से नहीं श्री कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति से ही सरकार का चेहरा बनता और बिगड़ता है और पुलिस कर्मियों को हर हाल में इसका ध्यान रखना चाहिए देश के एक सौ सत्रह आकांक्षी जिलों में योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को लेकर बेगूसराय जिले को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिये जिले का चयन हुआ है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बेगूसराय के जिलाधिकारी राहुल कुमार को सम्मानित किया पुरस्कार स्वरूप जिले को पांच करोड़ रूपये दिये गये हैं जिसका उपयोग विकास कार्यों के लिये होगा निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज गोपालगंज जिले के भोरे स्थित रेफरल अस्पताल के लिपिक नंद किशोर राय को सोलह हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गिरफ्तार कर्मी एक अन्य कर्मी के विभागीय कार्यो के निष्पादन के एवज में रिश्वत ले रहा था नालंदा जिले के हिलसा में पदस्थापित ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता मुरलीधर प्रसाद के पटना के गांधी मैदान थाना स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई हुई है वैशाली जिले के रूस्तमपुर चौकी क्षेत्र के जफराबाद गांव से पूलिस ने एक एके छप्पन रायफल और चार कारतूस बरामद की है पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी शंकर राय के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान ये हथियार बरामद किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को ध्वस्त किये जाने संबंधी सबूत मांगने पर विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की है आज पटना में एक समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि सेना ने जो काम किया है उससे लोगों का सेना के प्रति सम्मान बढ़ा है मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर जरूरी कदम उठा रहे हैं केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के अंतर्गत दरभंगा से दिल्ली मुंबई और बैंगलूरू सहित कई अन्य महत्वपूर्ण शहरों के लिये एक अगस्त से हवाई सेवा शुरू होगी राज्य योजना परिषद् के सदस्य संजय झा ने बताया कि रनवे के सुद्रढ़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है उन्होंने बताया कि एक मई से दरभंगा से विभिन्न शहरों के लिये हवाई टिकट की बुकिंग शुरू हो जायेगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि अगले पांच दिनों के भीतर महागठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा हो जायेगा आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के रिखर गांव से पुलिस ने दो सौ पचास कार्टन शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं बेगूसराय जिले के रतनपुर में पूलिस ने एक पिकअप वैन से सत्तर कार्टन शराब बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है दूसरी तरफ शेखपुरा में पुलिस ने दो तस्करों सहित पांच लोगों को शराब की खेप के साथ गिरफ्तार किया है जबकि रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत बगीचा टोला से उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने एक ट्रक से लाखों रूपये मूल्य की शराब जब्त की है भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष और अधिवक्ता सच्चिदानंद सिन्हा की पूण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इस अवसर पर पटना में आयोजित समारोह में राज्य के पूर्व मंत्री मदन मोहन झा अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष गुरूदयाल सिंह सहित अनेक गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय सिन्हा के जीवन और कृतियों पर प्रकाश डाला दरभंगा से वाराणसी के बीच आज से नई अंत्योदय एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है इस ट्रेन का नियमित परिचालन तेरह मार्च से हरेक बुधवार को दरभंगा से और गुरूवार को वाराणसी सिटी से होगा दरभंगा से यह ट्रेन रात के साढ़े आठ बजे खुलेगी और समस्तीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर सोनपुर और छपरा के रास्ते वाराणसी जायेगी मगध विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक तृतीय खंड का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किये जाने से आक्रोशित छात्रों ने आज राज्य पथ परिवहन निगम के एक बस में आग लगा दी पूर्वी चंपारण जिले के भितहा थाना क्षेत्र के दियारा में अपराधियों ने एक निजी फायनांस कंपनी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज पटना स्थित जैविक उद्यान में तीन थ्री डी थियेटर का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन थियेटरों के माध्यम से वन्य जीवों के विषय में लोगों को जानकारियां उपलब्ध हो सकेगी नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने आज दरभंगा में पैंतीस करोड़ रूपये से अधिक लागत की चौरानवे योजनाओं का शिलान्यास किया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज पटना स्थित बामेती में ई किसान पुस्तकालय का उद्घाटन किया